विभिन्न जिलों से प्राप्त समाचार के अनुसार जिला प्रशासन ने कल से दुकानों को अधिक समय तक खोलने की अनुमति दी है गौरतलब है कि राज्य सरकार ने लॉकडाउन के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार संबंधित जिलों के कलेक्टरों को दिया हुआ है राजधानी रायपुर में कल से पांच पालियों में व्यापारिक प्रतिष्ठान और दुकानें खोले जाने का निर्णय लिया गया है जिला कलेक्टर एस भारतीदासन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव के साथ आज रायपुर में व्यापारियों की बैठक हुई बैठक के बाद कलेक्टर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि नए दिशा निर्देशों के अनुसार सप्ताह में अब सिर्फ छह दिन ही दुकानें खुलेंगी रविवार को सभी तरह की दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे नए निर्देश के अनुसार रायपुर में पांच अलग अलग पालियों में दुकानें संचालित की जाएंगी इसके तहत सुबह छह बजे से दोपहर बारह बजे तक फल सब्जी दूध और मांस मटन की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है वहीं सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक किराना दुकानें खोली जाएंगी इसके अलावा सुबह दस बजे से रात नौ बजे तक होटल और रेस्टॉरेंट को भी खोलने की अनुमति दी गई है वहीं रात दस बजे तक इन होटलों से होम डिलीवरी की सुविधा भी लोगों को दी जा सकेगी साथ ही सुबह ग्यारह बजे से शाम सात बजे तक कपड़ा जूता चप्पल हार्डवेयर और बर्तन सहित अन्य दुकानें खुली रहेंगी वहीं ठेले पर खाद्य सामग्री बेचने वालों को दो पालियों में दुकान लगाने की अनुमति दी गई है इसके तहत सुबह छह से नौ बजे और शाम पांच से आठ बजे तक ठेले पर खाद्य सामग्री बेची जा सकेगी

लेकिन अलग अलग तरह के व्यापार के लिए भिन्न भिन्न पालियां निर्धारित की गई हैं इसके अनुसार सब्जी डेयरी और मांस विक्रेताओं के लिए सुबह पांच बजे से दोपहर बारह बजे तक का समय निर्धारित किया गया है वहीं किराना प्रोविजन और अन्य सभी कारोबार के लिए सुबह ग्यारह बजे से शाम सात बजे तक की अनुमति होगी होटल और रेस्टॉरेंट सुबह दस बजे से रात आठ बजे तक खोले जा सकेंगे वहीं रात आठ से दस बजे तक होम डिलीवरी दी जा सकेगी इसके अलावा ठेले पर खाद्य सामग्री बेचने वालों के लिए सुबह छह से नौ बजे और शाम पांच से रात आठ बजे तक का समय निर्धारित किया गया है वहीं बिलासपुर में भी कल से कुछ शर्तों के साथ सामान्य जनजीवन शुरू हो जाएगा शहर में सभी दुकान और व्यावसायिक संस्थानों को कल सुबह छह बजे से रात आठ बजे तक खोलने की अनुमति होगी जबकि रेस्टॉरेंट रात दस बजे तक संचालित किए जा सकेंगे इसी तरह बालोद जिले में कल सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार खोलने का आदेश जारी किया गया है इधर कोंडागांव जिले में सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक दुकान खोलने और कारोबार करने की अनुमति दी गई है उधर कोरबा जिले में कल सुबह नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक ही आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोली जाएंगी कोरोना मरीज इस बीच प्रदेश में आज भी विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमित नये मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है राजधानी रायपुर में समाचार लिखे जाने तक एक सौ छब्बीस नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं इनमें केंद्रीय जेल में उनतालीस कैदी सहित दो अधिकारी कोरोना पॉजीटिव पाए गए हैं वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब उनके परिवार के अन्य सदस्यों सहित संपर्क में आने वाले ग्यारह लोग भी संक्रमित पाए गए है उनके बेटे और बहु ने सोशल मीडिया में बयान जारी कर कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी है इधर दुर्ग जिले में आज छप्पन नये कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है इनमें एक ही परिवार के दो बुजुर्ग भी शामिल हैं वहीं महासमुंद जिले में आज पांच नये कोरोना पॉजीटिव मरीज मिले हैं इस बीच पिथौरा के पास पोटापारा निवासी कोरोना संक्रमित मरीज की रायपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई इधर बस्तर जिले में आज पंद्रह कोरोना पॉजीटिव मरीजों की पहचान की गई है इनमें बारह सीआरपीएफ के जवान है वहीं तीन व्यक्ति जगदलपुर शहर के रहने वाले हैं वहीं कोंडागांव जिले में भी आज बारह नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं ये सभी कड़ेनार कैम्प के सीआरपीएफ जवान हैं इसी तरह कांकेर जिले में भी छह नये कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है इनमें दो बीएसएफ के और एक एसएसबी का जवान है उधर कोरिया जिले में आज कोरोना संक्रमण के दो नये मामले सामने आए हैं बैकुंठपुर स्थित जिला अस्पताल में पदस्थ एक चिकित्सक भी कोरोना संक्रमित पाया गया है उसे घर पर ही क्वारेंटाइन किया गया है इस बीच जांजगीर चांपा जिले में कोरोना संक्रमित एक मरीज द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है रेड ऑरेज जोन प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच स्वास्थ्य विभाग ने रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले विकासखंडों की नई सूची जारी की है सूची के अनुसार रायपुर सहित प्रदेश के एक सौ चौदह विकासखंडों को रेड जोन में रखा गया है वहीं छह विकासखंड ऑरेज जोन में है जबकि बाकी विकासखंडों को ग्रीन जोन में रखा गया है जारी सूची के अनुसार राजनांदगांव में सबसे अधिक नौ विकासखंड रेड जोन में है वहीं रायगढ़ के सात और रायपुर जिले के पांच विकासखंड भी रेड जोन में शामिल है जारी सूची के अनुसार अब प्रदेश के सभी अट्ठाईस जिलों में कोरोना संक्रमण का प्रसार देखा जा रहा है इन अट्ठाईस में से पच्चीस जिलों के जिला मुख्यालय रेड जोन घोषित किए गए हैं कोरोना संदिग्ध जांच इस बीच राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों के संचालकों से उनके यहां भर्ती कोरोना संदिग्ध मरीजों की जांच कराने को कहा है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने इस संबंध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को पत्र लिखकर कहा है कि निजी चिकित्सालयों में उपचार करा रहे कोरोना संदिग्ध मरीजों की तत्काल जांच कराए जाने की आवश्यकता है ताकि संक्रमित मरीज को कोविड अस्पताल भेजा जा सके साथ ही ऐसे मरीजों को समय पर सही उपचार मिल सके स्वास्थ्य विभाग ने आईएमए को लिखे पत्र में कहा है कि केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुरूप निजी अस्पतालों में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज पाए जाने पर अस्पताल को संक्रमणमुक्त कर चौबीस घंटे के बाद फिर से शुरू किया जा सकता है

मिली जानकारी के अनुसार जिला पुलिस बल और कोबरा बटालियन का संयुक्त दल तलाशी अभियान पर निकला था इस दौरान इन दोनों माओवादियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया इनके पास से माओवादी सामग्री भी जब्त की गई है बताया जाता है कि ये दोनों माओवादी किस्टारम इलाके में सक्रिय थे इधर बीजापुर जिले में पुलिस और माओवादियों के बीच हुई मुठमेड़ में एक माओवादी घायल हो गया है मिली जानकारी के अनुसार डीआरजी और सीआरपीएफ का संयुक्त दल तलाशी अभियान पर निकला था इस दौरान मनकेली के पास माओवादियों ने अचानक हमला कर दिया दोनों ओर से हुई फायरिंग में एक माओवादी घायल हो गया वहीं अन्य माओवादी जंगल की आड़ लेकर भाग खड़े हुए

उन्होंने अपने संदेश में कहा कि भगवान राम सबके आराध्य देव है उनका पूरा जीवन सभी के लिए एक आदर्श है राज्यपाल ने कहा कि भगवान राम के जीवन से सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता का संदेश मिलता है उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को भगवान श्रीराम का ननिहाल माना जाता है और यह माता कौशल्या की जन्मभूमि है राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण का भूमिपूजन करना पूरे देशवासियों के लिए ऐतिहासिक क्षण था राम वनगमन पथ इस बीच राज्य सरकार ने राम वनगमन पथ पर सुगंधित फूलों और फलों के पौधे रोपने का निर्णय लिया है साथ ही इस मार्ग पर वन औषधियों के पौधे भी लगाए जाएंगे इसके अलावा सभी चयनित पर्यटन स्थलों पर सुगंधित फूलों वाली वाटिकाएं तैयार की जाएंगी वहीं राम वनगमन के पांच सौ अट्ठाईस किलोमीटर मार्ग के दोनों ओर डेढ़ लाख से अधिक पौधे रोपे जाने का लक्ष्य है इस परियोजना पर इस महीने से ही काम शुरू हो जाएगा पर्यटन सचिव पी अन्बलगन ने बताया कि इस परियोजना के तहत बाईस सौ साठ किलोमीटर सड़कों का विकास किया जाएगा करीब चौदह सौ किलोमीटर सड़कों के दोनों ओर वृक्षारोपण किए जाएंगे उन्होंने बताया कि कई स्थानों पर बायो डायवर्सिटी पार्क का भी निर्माण किया जाएगा साथ ही धमतरी जिले में सप्तऋषि आश्रम का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा उन्होंने बताया कि पर्यटन स्थलों पर पूजन सामग्रियों के परंपरागत् बाजार को भी व्यवस्थित कर नये तरीके से डिजाइन किया जाएगा पर्यटन सचिव ने बताया कि राम वनगमन परिपथ में कोरिया से लेकर सुकमा तक सूचनात्मक स्वागत द्वार स्थापित किए जाएंगे साथ ही परिपथ में सड़क किनारे विभिन्न स्थानों की दूरी और दिशा बताने वाले डायरेक्शन पोस्ट भी स्थापित किए जाएंगे गौरतलब है कि पर्यटन विभाग ने इतिहासकारों से चर्चा कर विभिन्न शोध पत्रों और प्राचीन मान्यताओं के आधार पर राम वनगमन पथ के पचहत्तर स्थलों को छत्तीसगढ़ में चिन्हित किया है इनमें नौ स्थलों का पहले चरण में विकास किया जा रहा है केन्द्र महिला कल्याण चौहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस समारोह के बारे में हम आज आपके लिए महिलाओं के कल्याण के प्रयासों पर विशेष रिपोर्ट लाये हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की नीति में शासकीय व्यवस्था और कार्यसूची में महिलाओं की सुरक्षा को विशेष महत्व दिया गया है पिछले पांच वर्षो में महिलाओं की अस्मिता और कल्याण के बारे में सरकार ने कई क्रांतिकारी घोषणाएं की हैं पिछले साल सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक को संसद से पास करवाकर तीन तलाक जैसी कूप्रथा को गैर कानूनी बनाया बालिकाओं को सुरक्षित माहौल प्रदान करने के उद्देश्य से उनके खिलाफ होने वाले यौन हिंसा के लिए भी सख्त कानून बनाया

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के व्यापक कार्यान्वयन से अब महिलाओं को रसोई के धुंए से मुक्ति मिली है साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढाओ जैसे जागरूकता कार्यक्रम ने लड़कियों के जीवन बचाने उनकी बेहतर शिक्षा और उन्हें सबल नागरिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है

इसके लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने केंवटी रेलवे स्टेशन से अंतागढ़ तक सत्रह किलोमीटर रेललाइन का विस्तार किया है रेल विभाग द्वारा इस रेलवे ट्रैक पर इंजन रोलिंग की जांच भी कर ली गई है साथ ही अंतागढ़ रेलवे स्टेशन को अल्फा न्यूमेरिकल कोड भी मिल गया है गौरतलब है कि दल्लीराजहरा रावघाट जगदलपुर रेललाइन परियोजना का कार्य राज्य सरकार और एनएमडीसी के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है इसके पहले चरण में रायपुर रेलमंडल ने दल्लीराजहरा रावघाट तक रेललाइन बिछाने का लक्ष्य रखा है जिसमें दल्लीराजहरा से अंतागढ़ तक उनसठ किलोमीटर रेललाइन बिछाने का कार्य पूरा हो चुका है इस बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने लॉकडाउन के दौरान ई नीलामी के माध्यम से चौंतीस करोड़ रूपये की स्क्रैप बिक्री का कीर्तिमान बनाया है इसमें रायपुर रेलमंडल ने करीब बीस करोड़ रूपये की स्क्रैप बिक्री का योगदान दिया है रेडियो पढाई बस्तर जिले के ग्राम पंचायत भाटपाल में बीते अट्ठारह जून से संचालित आमचो बस्तर रेडियो कार्यक्रम ने पूरे प्रदेश में अपनी अलग पहचान बनाई है जिला कलेक्टर रजत बंसल ने आज इस आमचो बस्तर रेडियो लाउड स्पीकर से पढ़ाई व्यवस्था का निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने गांव के बच्चों और उनके पालकों से लाउड स्पीकर से पढ़ाई व्यवस्था पर चर्चा की गौरतलब है कि ग्राम पंचायत भाटपाल में लाउड स्पीकर से पढ़ाई व्यवस्था का प्रयोग सफल होने के बाद जिले की कई पंचायतों में इस व्यवस्था को लागू किया जा रहा है इसके तहत पढ़ाई के अलावा कोरोना वायरस से बचाव के लिए भी लोगों को जानकारी दी जा रही है इसके अलावा कृषि पोषण और स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याओं के निदान की जानकारी भी लाउड स्पीकर के माध्यम से दी जा रही है ओपन स्कूल परीक्षा छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल की परीक्षाएं इस वर्ष असाइनमेंट पद्धति से संपन्न कराई जा रही है इसके लिए राज्य ओपन स्कूल के अधिकारियों ने कक्षा बारहवीं के अड़तीस हजार से अधिक और कक्षा दसवीं के बाईस हजार से अधिक विद्यार्थियों को असाइनमेंट वितरण किया है अधिकारियों ने बताया कि जो छात्र किसी कारणवश अपने परीक्षा केन्द्रों से असाइनमेंट प्राप्त नहीं कर सके हैं वे सत्रह से बाईस अगस्त के बीच राज्य कार्यालय या राज्य ओपन स्कूल की वेबसाइट से असाइनमेंट डाउनलोड करके ए फोर साइज के कागज पर उत्तर लिखकर बाईस अगस्त तक जमा करा सकते हैं मौसम प्रदेश में अगले चौबीस घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है मौसम विभाग ने प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों में बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से आगामी चौबीस घंटों के दौरान एक दो स्थानों पर तेज बारिश होने और गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है संक्षिप्त समाचार दुर्ग जिले में युवा कारोबारी द्वारा आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने एक महिला सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है

वहीं एक बालिका घायल हो गई है जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा क्षेत्र के सोनडीह गांव में बिजली करंट की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई बालोद जिले के जगतरा गांव में एक बच्ची की तालाब में डूबने से मौत हो गई बलरामपुर जिले के चांदो वन परिक्षेत्र के पुटसूरा गांव में नीलगाय का शिकार करने के मामले में इक्कीस आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है रायपुर के खम्हारडीह थाने का स्थायी वारंटी कल भीमराव अंबेडकर अस्पताल से उपचार के दौरान फरार हो गया